सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा हैदकि सरकार ने वैश्विक मंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी गति को तेज करने के लिए कई निर्णय लिए हैं हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि राज्य सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक ने कहा कि एसबीआई किसानो की आय बढाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा है कि जापान के साथ भारत के संबंध भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति खूशहाली व स्थिरता के लिए इस दृष्टिकोण का मुख्य पहलू है श्री मोदी ने यह बात जापान के विदेश मेंत्री तोशीमितसू मोतगी और रक्षा मंत्री तारा कोनो के साथ बैठक में करी जापान के दोनो नेता भारत जापान रक्षा और विदेशी मंत्रियों के विचार विमर्श की पहली बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्यों के अनुरूप पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करने में तकनीक की भूमिका अहम है कानपुर के प्रणवीर सिंह तकनीकी संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ्रेंस में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था ज्ञान के नये आयाम प्रदान करती है पीएसआईटी कानपुर में कांफ्रेंस के शुभारंभ के बाद राष्ट्रपति अब छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में पूर्व छज्ञत्रों के सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं राष्ट्रपति ख़द छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं राष्ट्रपति ने सीएसएम विश्वविद्यालय में नये बने अटल बिहारी वाजपेयी विधि संस्थान का भी उदघाटन किया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने वैश्विक मंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आई गिरावट से निपटने के लिए कई निर्णय लिए हैं तथा कदम उठाए हैं

उन्होंने कहा कि बैंकिंग सुधार ढांचागत विकास बाजार में नकदी के प्रवाह को सरल बनाने कारपोरेट टैक्स दरों में कमी तथा निवेश को बढाने के लिए उठाए गए कदम सरकार द्वारा मंदी से निपटने के लिए लिये गए निर्णयों में से कए है

उन्होंने यह भी कहा कि तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगने से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला है केन्द्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक व्यापारियों तथा स्वः नियोजित लोगों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत एक करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है श्रम व रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज से शुरू हो रहे पेंशन सप्ताह के कार्यक्रम के दौरान दोनो योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को जोडने के लिए अभियान का शभारंभ किया दोनो योजनाओं को आसान व सरल बताते हुए श्री गंगवार ने कहा कि इन योजनाओं से जुड़ने के लिए आधार संख्या सहित बैंक बचत खाता या जन धन खाता अनिवार्य है

केंद्रीय मत्स्य एवं पश्पालन और डेयरी उद्योग मंत्री श्री गिरीराज सिंह ने आज सोनीपत जिला के गांव दीपालपुर स्थित फिल्डलेन पिग फार्म का निरीक्षण किया और उसके बाद किसानों को संबोधित करते हए कहा कि किसानों को परंपरागत खेती का मोह त्याग कर पशुपालन की ओर कदम बढाने चाहिए ताँकि उनको अतिरिक्त आय हो सके वैज्ञानिक तरीके से खेती को पशुपालन से जोडा जाए तो यह अत्यधिक लाभकारी है कम होती जा रही जमीन से लाभ लेने के लिए पशुपालन सबसे बेहतरीन व्यवसाय है

हरियाणा के सहकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है वे आज रेवाड़ी जिला के बावल विधानसभा क्षेत्र के गांव खोरी चिमनावास प्राणपुरा मामडिया आसमपुर गोविंदपुरी में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास वर्तमान सरकार की सोच है उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार अन्त्योदय के सिद्धांत पर कार्य कर रही है ताकि समाज की अन्तिम पंक्ति में खड़े गरीब से गरीब व्यक्ति को पूरा लाभ मिले डॉ बनवारी लाल ने अधिकारियों से जलशक्ति अभियान को सफल बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि वे लोगों को जल संचय के लिए प्रेरित करें

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज में बहुत से बच्चे और नागरिक निशक्त हैं

वे आज सोनीपत में श्रवण वाणी निशक्तजन कल्याण केंद्र में कन्या छात्रावास के उद्घाटन अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार व संस्थाएं मिलकर पहले भी कार्य कर रही हैं और भविष्य में भी सामाजिक संस्थाएं एनजीओ और उद्योगपति मिलकर सहयोग करेगें तभी इस पृण्य कार्य के मुकाम तक पहंच पाएंगे

जल्द ही भारत और जिम्बावे के बीच संस्कृति का आदान प्रदान होगा जिम्बावे के सांस्कृतिक ग्रृप जहां भारत में आएंगे वहीं भारत के ग्रप जिम्बार्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए जाएंगे दोनों देशों के बीच संस्कृति के आदान प्रदान के साथ एग्रोबेस प्रोडक्टस और सीमेंट जैसे उत्पादों का व्यवसाय करने के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है इतना ही नहीं दोनों देशों के बीच पर्यटन की संभावनाओं की भी तलाश की जाएगी यह जानकारी जिम्बावे दृतावास के मुख्य अधिकारी काउंसलर लवमोरे नेबू ने आज कुरूक्षेत्र डिवलेपमैंट बोर्ड कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए दी

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवलपाल गुर्जर ने अवैध खनन पर छपी खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गांव बहाद्रपुर में अगर कोई अवैध खनन हो रहा है तो खनन विभाग को तुरंत कार्रवाई करते हुए रोक लगानी चाहिए

भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबन्धक राणा आशुतोष क्मार सिंह ने कहा की भारतीय स्टेट बैंक किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण काम कर रहा है बैंक द्वारा जहाँ किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ साथ उनको आर्थिक तौर पर वित्तीय सहायता दी जा रही है वहीं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सुजन भी किया जा रहा है वे आज करनाल में एस बी आई द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय किसान मेले के आयोजन में बोल रहे थे उन्होंने कहा की देश में पहली बार किसी बैंक ने ऐसा एप्प तैयार किया है जिसमे किसान क्रेडिट कार्ड मुद्रा लोन कृषि ऋण और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध है